इसके अलावा कृषि और संबंधित गतिविधियों के लिए लघु अवधि ऋण चुकाने की तिथि अगस्त तक बढ़ायी गई है केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि यानी पीएम स्वनिधि योजना शुरू की है इसके अंतर्गत रेहड़ी फड़ी विक्रेताओं को विशेष सूक्ष्म ऋण सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी

मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने सूक्ष्म लघु व मध्यम उद्योगों किसानों कृषि क्षेत्र के कर्मचारियों और रेहडी फड़ी विक्रेताओं के लिए आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा लिए गए निर्णयों की सराहना की है

जयराम ठाकुर ने कहा कि किसान क्रेडिट कार्ड योजना के अन्तर्गत किसानों के लिए ऋण के मानकों में छूट प्रदेश के किसानों के लिए लाभकारी साबित होगी

इनमें अधिकांश संक्रमित व्यक्ति दूसरे राज्यों से हिमाचल वापिस आए हैं

मख्यमंत्री मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा है कि कोरोना महामारी के चलते प्रदेश के शिक्षण संस्थान अभी बंद ही रहेंगे कल शाम जारी एक वीडियो संदेश में कहा है कि शिक्षण संस्थान खोलने के बारे में निर्णय जुलाई माह में लिया जाएगा मुख्यमंत्री ने कहा कि हालांकि प्रदेश में अनलॉक चरण एक के तहत बसों की आवाजाही श्रू कर दी गई है लेकिन बाहरी राज्यों से आने वाले लोगों को पास लेना जरूरी किया गया है क्योंकि इससे लोगों को होम क्वारंटीन और संस्थागत क्वारंटीन में रखने सम्बंधी जानकारी मिलेगी

अब एक नजर अखबारों की सुर्खियों पर आज सभी समाचार पत्रों ने अलग अलग खबरों को प्रमुखता दी है मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के बयान को पंजाब केसरी ने सुर्खी दी है जुलाई में होगा शिक्षण संस्थान खोलने का निर्णय हिमाचल दस्तक का शीर्षक है जून में भी नहीं खुलेंगे स्कूल बाहर फंसे लोग खुद आएंगे दिव्य हिमाचल के शब्द हैं अब आने का खुद बंदोबस्त करें लोग वहीं दैनिक भास्कर ने लिखा है मुख्यमंत्री ने कहा बाहरी राज्यों से आने वालों को अब फ्री नहीं लाएगी सरकार अमर उजाला की खबर है जयराम मंत्रिमण्डल विस्तार की फिर शुरू हुई तैयारी नड्डा शाह से चर्चा के बाद राज्यपाल से मिले मुख्यमंत्री दिव्य हिमाचल ने लिखा है कोरोना काल में महंगाई की मार हिमाचल में अंग्रेजी देसी शराब के साथ पेट्रोल डीजल और गैसे सिलेंडर हुए महंगे जबकि पंजाब केसरी की सुर्खी है प्रदेश में पैट्रोल डीजल और रसोई गैस महंगे पहले दिन बसों को नहीं मिले यात्री सैकड़ों रूट स्थगित शीर्षक से अमर उजाला ने लिखा है अधिकतर जिलों में खड़ी रहीं निजी बसें इसी खबर को दिव्य हिमाचल ने सुर्खी दी है पहले दिन नाम को ही दौड़ी निजी बसें परिवहन मंत्री के हवाले से आपका फैसला ने शीर्षक दिया है हिमाचल पथ परिवहन निगम ने पहले दिन प्रदेश भर में किये दो हजार दो सौ बाईस रूट बहाल हिमाचल दस्तक ने लिखा है लॉकडाउन में गई नौकरी तो यहां रजिस्टर करें सीएम जयराम ठाकुर ने लांच किया स्किल रजिस्टर हिमाचल में होटल खोलने को मंजूरी फिलहाल हिमाचली पर्यटक ही ठहर सकेंगे दैनिक भास्कर की खबर है